मुख्यमंत्री ने राज्य में सड़क द्र्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने की हिदायत की है

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने होली की पूर्व संध्या पर प्रदेष वासियों को बधाई दी है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली अप्रैल से शुरू होने वाली फसलों की खरीद प्रकिया बारे समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को हर आवष्यक व्यवस्था करने के निर्देष दिये इस दौरान खरीद प्रक्रिया की जानकारी देने वाली एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बार सीधे किसानों के खाते में शत प्रतिषत भुगतान सुनिष्वित करने के निर्देष भी दिये

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मदद के लिए हर जरूरी व्यवस्था की जानी चाएिह उन्होंने मंडी में किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए कृषि उत्पादक संघों की मदद लेने को भी कहा

उन्होंने आढतियों की आढत मिलना सुनिष्वित करने की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देष दिये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सड़क दूर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देष दिये हैं इसके लिए उन्होंने सड़कों की मरम्मत समय पर करने क्षमता से अधिक सामान ले जाने पर नियंत्रण करने के साथ ही तेज गति से वाहन चलाने पर पूर्णतः रोक लगाने हैलमेट व सीट बैल्ट का प्रयोग अनिवार्य करने को इस वर्ष की प्राथमिकताओं में शामिल करने के निर्देष दिये ताकि दुर्घटनाओं पर अंकृष लगाया जा सके इसके साथ ही नई सड़कों की योजनाबंदी भविष्य को ध्यान में रखकर गंभीरता से करने के निर्देष भी दिये मुख्यमंत्री आज चण्डीगढ में सड़क सुरक्षा संबंधी विषयों पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थ

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीष तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजन गुप्ता ने कोरोना महामारी के खिलाफ समाज को जागरूक और मास्क शिष्टाचार को विकसित करने के तहत जागरूकता अभियान की शुरुआत की इस अभियान का उद्देश्य जन मानस को स्वास्थ्य मापदंडों के उचित कार्यान्वयन मास्क पहनर्न और शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है

आकाषवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यु टयुब चैनलों पर भी इस कार्यकम का सीधा प्रसारण किया जायेगा आकार्षवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यकम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में सका पुनः प्रसारण शाम आठ बजे से सुना जा सकता है

इस षिखर सम्मेलन में जलवायु के क्षेत्र में मजबूत कार्रवाई की जरूरत और इसके आर्थिक फायदों पर बल दिया जायेगा वाईट हाउस के अनुसार षिखर सम्मेलन में भारत के इलावा जापान कैनेडा इजराइल और बर्तानिया के प्रधानमंत्री और चीन व रूस सहित कुछ देषों के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को बरकरार रखने की जरूरत पर बल दिया है और संसद व विधानमण्डलों मे लगातार विघ्न पड़ने और बहस के स्तर पर गिरावट पर चिंता व्यक्त की है हैदराबाद में जाने माने षिक्षाविद और राज्यसभा के पूर्व सदस्य नरोत्तम रेडडी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों की विधानसभाओं में हाल की घटनाये निराषाजनक थी उन्होंने कहा कि विधानपालिका की कार्यवाही में विघ्न डालने से बहस लोकतंत्र और राष्ट्र के हितों की अवहेलना होती है और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो लोक निराष हो जायेंगे